वे सिराज विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय बगस्याड़ से अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना का शुभारम्भ करेंगे मुख्यमंत्री ने इसी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है जयराम ठाक्र बगस्याड़ थुनाग सड़क के विस्तार कार्य का भूमि पूजन करने के अलावा शाहन पंचायत में सुनास उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री बगस्याड़ कांडा बडीन सड़क के विस्तार कार्य का भूमि प्रजन भी करेंगे

इस मौके आज दिल्ली वायुसेना केन्द्र में भव्य परेड और अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ परेड का निरीक्षण करेंगे इसके बाद विमान कौशल प्रदर्शन आयोजित किए जायेंगे जिनमें वायुसेना के अनेक विमान हिस्सा लेंगे रोहतांग भारी बारिश और बर्फबारी के चलते करीब दो सप्ताह से बंद चल रहे रोहतांग दर्र को सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मशक्कत के बाद आज सैलानियों के लिये खोल दिया है दर्रा खुलते ही देश विदेश के सैलानी एक बार फिर रोहतांग दर्रे पर पहुंचकर बर्फ का लुत्फ उठा सकेंगे मनाली के एसडीएम रमण घरसंगी के अनुसार रोहतांग जाने के लिये पर्यटकों को ग्रीन परमिट दिया जाएगा इस बीच राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि सुबह व शाम के तापमान में हल्की गिरावट लगातार जारी है एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कल प्रदेश में स्वामी विवेकानन्द सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की

परिषद के अनुसार प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को राज्य व ज़िला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा

समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचापत्रों ने जनमंच से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है दूसरे राज्यों को भी हिमाचल का जनमंच पसंद अमर उजाला का शीर्षक है सिराज में जनमंच कार्यक्रम में सीएम ने दिये निर्देश कहा जनसमस्याओं पर हो फोकस दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अन्य राज्य भी अपनाएंगे हिमाचल का जनमंच अजीत समाचार के मुताबिक जनमंच कर रहा लोगों की समस्याओं का समाधान आपका फैसला लिखता है हिमाचल के जनमंच कार्यक्रम से देश के अन्य राज्य भी प्रेरित जबकि हिमाचल दस्तक का कहना है जनमंच में कोई घोषणा नहीं करेंगे मंत्री दैनिक जागरण व आपका फैसला की एक खबर है पोषाहार अभियान में हमीरपुर देश भर में पहले स्थान पर दस अक्तूबर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली में देगा लीडरशिप अवार्ड हिमाचल में सरकारी स्कूलों का होगा ऑनलाईन निरीक्षण शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है शिक्षामित्र ऐप्प लांच करने की तैयारी टीचर की लेट लतीफी पर भी लगेगी रोक इसी अखबार की एक अन्य खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिये प्रदेश में नए लाभार्थियों की सूची होगी तैयार

अमर उजाला की एक खबर है अब शहरों में ट्रैफिक नियंत्रित करेगा ड्रोन बैंकों से कर्ज लेने में हिमाचली फिसड्डी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है कागजी कार्रवाई ही पूरी नहीं कर पाते कई लोग मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है बर्फबारी से पहले ही बर्फ हुई पहाड़ की झीलें जबकि पंजाब केसरी का कहना है हिमाचल के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी तापमान शून्य से नीचे पहाड़ों में जमी झीलें अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय जानलेवा गुस्सा में लिखता है कि गुस्से में व्यक्ति ऐसे कदम उठा लेता है जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं ऐसे में गुस्से पर काबू पाकर व बातचीत से ही समस्या का समाधान संभव है हिमाचल दस्तक अपने सम्पादकीय में लिखता है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये नया कार्यक्रम लक्ष्य शुरू करना स्वास्थ्य विभाग की सराहनीय पहल है इससे प्रदेश में माता और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी शीर्षक है जच्चा बच्चा के लिये लक्ष्य